इस विधेयक में अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताडना के कारण भारत आए हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है

शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव वाला नहीं है और तीन देशों के अंदर प्रताडित अल्पसंख्यकों के लिए है जो घ्रसपैठिये नहीं शरणार्थी हैं उन्होंने यह भी कहा कि देश में किसी शरणार्थी नीति की जरुरत नहीं है भारत में शरणार्थियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून है मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधन को खारिज करते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी

विपक्ष के कुछ संशोधनों पर मत विभाजन भी हुआ और उन्हें सदन ने अस्वीकृत कर दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता जताई उन्होंने टवीट कर कहा कि प्रस्तावित कानून भारत की समावेश करने और मानवीय मूल्यों में भरोसे की सदियों पुरानी प्रकृति के अनुरुप है गृहमंत्री अमित शाह ने भी विधेयक पारित होने के बाद टवीट कर कहा कि यह विधेयक प्रताडना का सामना करने वालों को अपना जीवन फिर से संवारने का अवसर देगा शाह ने विधेयक को वास्तविकता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया

राज्यपाल ने इस मौके पर विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का पठन कर मूल कर्त्तव्यों की शपथ दिलवाई राज्यपाल ने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियां बढ़ रही है ऐसे में विशेषकर विज्ञान अभियांत्रिकी मीडिया कला साहित्य संस्कृति के साथ तकनीकी विषयों में विद्यार्थियों को दक्ष किया जाना बहुत जरुरी है राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर कवायद तेज हो गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की कल बैठक हुई जिसमें विमिन्न कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई इस बीच उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार की ओर से जश्न पर कोई फिजूल खर्ची नहीं की जायेगी आज अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर परअपने संदेश में कहा कि मानवाधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है आजादी समानता और न्याय जैसे मूलभूत अधिकारों के बिना मानव तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती श्री गहलोत ने अपील की कि सभी लोग एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें और एक शांतिपूर्ण तथा सभ्य समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं प्रदेश में इस मौके पर मानव अधिकार जागरुकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रदेश में फिल्म पानीपत के प्रदर्शन को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है

केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने एक ट्वीट कर कहा कि महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल हिम्मत और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं उन्होंने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर उनका चरित्र चित्रण करना उनका अपमान है तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने भी इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की मांग की अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य में आज से वन्यजीवों की गणना की जा रही है